वहीं भाजपा का दावा बहुमत हमारे साथ भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा

राजनीतिक संकट राज्य में कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कांग्रेस ने भाजपा पर उसके विधायको को बंधक बनाने का आरोप लगाया है आज भोपाल में एक पत्रकारवार्ता में वरिष्ठ नेता दिग्विजयसिंह और विवेक तनखा ने कहा कि बैंगलुरू में मौजुद हमारे विधायकों से मिलने गये मंत्री जीत पटवारी के साथ बदसलुकी की गई जीत पटवारी ने भी बंगलुरू में अलग से पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी कांग्रेस नेताओं ने फिर इस बात को दोहराया कि उनके पास बहमत है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि हम वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी हैं

उधर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने इस्तीफा देने वाले विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने मीडिया को बताया कि विधायकों से प्रत्यक्ष बातचीत करने के पश्चात ही विचार किया जायेगा

सिंधिया भोपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहली बार भोपाल पहुंचे इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान वे कल राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकनपत्र भी दाखिल करेंगे इससे पहले आज उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

एक ओर जहां श्री सिंधिया के समर्थन में इस्तीफों का दौर जारी है वहीं खंडवा मुरैना सहित राज्य में कई स्थानों पर उनका विरोध भी शुरू हो गया है रास नामांकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए भोपाल में अपना नामांकन दाखिल किया वे वर्तमान में मध्यप्रदेश से ही राज्यसभा सांसद हैं उनका कार्यकाल आगामी नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है वहीं भाजपा ने मध्यप्रदेष से राज्यसभा की दूसरा टिकट बड़वानी के शासकीय भीमा नायक कॉलेज में प्रोफेसर सुमेरसिंह सोलंकी को दिया है सुर्मेर सिंह कॉलेज प्रबंधन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन देकर भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं उनके कल नामांकन पत्र दाखिल करने की संभावना है वे पूर्व सांसद मकनसिंह सोलंकी के भतीजे है डीजीपी पदभार भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विवेक जौहरी ने आज मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया उन्होंने प्रभारी पुलिस महानिदेशक राजेंद्र कुमार से कार्यभार लिया

गौरतलब है कि विष्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के संकमण को महामारी की श्रेणी में षामिल किया है

इस बीच वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं के चलते बंबई शेयर बाजार में भारी गिरावट आई कोरोना सतर्कता प्रदेश में भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी एस चौहान ने बताया है कि संभावित मरीजों के लिए डाक्टर और स्टाफ की तैनाती की गई है

दोनों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है सीहोर में स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उसके लक्ष्ण और बचाव से संबंधित जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है उधर सागर में संभागीय टीम का गठन किया है नगर निगम उपायुक्त डा प्रणय कमल खरे के नेतृत्व में गठित टीम सागर दमोह पन्ना टीकमगढ एवं छतरपुर में कोरोना वायरस एवं महामारी की रोकथाम की व्यवस्थाएं बनाने के लिए आवष्यक प्रबंध करेगी वहीं सिवनी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के आर शाक्य को निलंबित कर दिया गया है उन पर वायरस से रोकथाम के लिए तैयारियां में लापरवाही के चलते यह कार्रवाई की गई है

प्रसारण मंत्रालय के इंदौर स्थित क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो और आंगनवाडी केंद्र के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिय ब्यूरो के सहायक निदेशक मध्यकर पवार ने कहा कि पोषाहार स्वास्थ्य का आधार होता है संतलित भोंजन के साथ व्यायाम योग ध्यान से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता हैं

इससे अन्य खेतों में अग्नि दुर्घटना की संभावना तो रहती ही है मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पडता है